श्री मोदी कल चांगसारी में सत्रह हजार करोड़ रुपये लागत की अनेक विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे इनमें ब्रह्मपुत्र नदी पर छह लेन के पुल निर्माण की योजना भी शामिल है

वे चांगसारी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे ईटानगर में प्रधानमंत्री अनेक परियोजनाओं का अनावरण करेंगे वे होलोंगी में नये हवाई अड़डे के निर्माण की आधारशिला रखेंगे इसके बन जाने से पूर्वोत्तर क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों में तेजी आयेगी और रणनीतिक दृष्टि से भी यह देश के लिए महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री मोदी अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग निर्माण की आधारशिला रखेंगे इससे सभी मौसम में तवांग घाटी से सड़क संपर्क जुड़ा रहेगा सेला सुरंग के बनने से तवांग क्षेत्र में यात्रा के समय की बचत होगी तथा पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों की बढ़ावा मिलेगा

पूर्वोत्तर यात्रा के अंतिम चरण में श्री मोदी अगरतला में गरजी बेलोनिया रेल लाइन खंड राष्ट्र को समर्पित करेंगे इस रेल लाइन के शुरु हो जाने से त्रिपुरा दक्षिण और दक्षिण एशिया के लिये भारत का प्रवेश द्वारा होगा प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले साढ़े चार वर्षों में देश कृषि दुग्ध उत्पादन इस्पात और बिमानन सहित सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में हुई चर्चा का उत्तर देते हुए श्री मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार ईमानदारी और पारदर्शिता तथा गरीबों के प्रति संवेदशीलता के लिए जानी जाती है बेरोजगारी बढ़ने के आरोपों को खारिज करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि परिवहन होटल अधोसंरचना समेत औपचारिक और असंगठित क्षेत्रों में करोड़ों नई नौकरियां पैदा हुई हैं उन्होंने कहा कि देश में मार्च दौ हजार चौदह में करीब पैसठ लाख लोगों को नेशनल पेंशन स्कीम एन पी एस में रजिस्टर्ड किया था पिछले साल अक्टुबर में यह संख्या बढ़कर एक करोड़ बीस लाख हो गई

श्री खाण्ड्र ने कहा कि यह यात्रा पूरे राज्य का दौरा करेगी और उद्यमियों के विचारों को जानने के लिए दो सहायता शिवर और चार वैन स्टाफ के माध्यम से प्लेटफार्म उपलब्ध करायेगी उन्होंने कहा कि यह यात्रा युवाओं को स्टार्टअप इंडिया और अन्य योजनाओं के बारे में जागरुक करेगी और उद्यमियों को सुविधाएं उपलब्ध करायेगी मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि यह यात्रा लंबे मार्गों से गुजरेगी जो युवाओं को स्वरोजगार के माध्यम से प्रेरित करेगी और रोजगार सृजन में मदद मिलेगी प्लेसमेंट समीक्षा समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट राज्य मंत्रिमंडल को सौंप दी है

इस अवसर पर मुख्यमंत्री पेमा ख़ाण्डू उपमुख्यमंत्री चाउना मैन और राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य भी उपस्थित थे क्रषि मंत्री राधामोहन सिंह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को तेजी से और प्रभवी ढंग से लागू करने में उनका सहयोग मांगा है इस योजना के तहत दो हेक्टेयर तक की भूमि वाले छोटे और सीमांत किसानों को प्रतिवर्ष छह हजार रुपये की सहायता दी जाएगी